कांग्रेस ने सत्रह और प्रत्याशियों के नामों की चौथी सूची जारी की

ई विज्ञापन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक इलेक्ट्रानिक विज्ञापन का मीडिया प्रमाणन और मीडिया निगरानी समिति एमसीएमसी से पहले प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा निर्वाचन आयोग के संचार मामलों और अंतरराष्ट्रीय समन्वय के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने आज वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी एमसीएमसी कमेटी से चर्चा की श्री ओझा ने बताया कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ा है ऐसे में राजनीतिक विज्ञापनों जिसमें राजनीतिक लाभ लेने मतयाचना अथवा किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी द्वारा ई विज्ञापन किया जाता है तो उसका पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है इसके साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण के लिए किए जाने वाले व्यय को भी राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर स्वयं के अकाउंट से किये गए राजनीतिक सामग्री संबंधी पोस्ट को निर्वाचन व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा लेकिन अन्य प्लेटफार्म सोशल साइट ई पेपर समेत अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में राजनीतिक विज्ञापन को व्यय निर्वाचन खर्च का हिस्सा माना जाएगा अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल और धरसीवां क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार देवजी भाई पटेल को सोशल मीडिया में उनके द्वारा की गई पोस्ट को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया है वहीं रायपुर पश्चिम क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को भी पूर्व प्रमाणीकरण करवाए बिना सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के मामले में नोटिस दिया गया है ई डाक मतपत्र प्रदेश में पहले चरण की अट्ठारह विधानसभा सीटों के सेवा मतदाताओं के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को डाक मतपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप भेज दिया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने ई डाक मतपत्र के माध्यम से किए जाने वाले मतदान मतदान की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया है ई डाक मतपत्र के माध्यम से पहले चरण के मतदान की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए तारीखों का निर्धारण भी किया गया है पहले चरण के मतदान के लिए तीन नवम्बर को पूर्वान्ह ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक ई डाक मतपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए डाक मतपत्रों की गणना अन्य डाक मतपत्रों की तरह ही रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर होगी केवल उन्हीं डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो मतगणना शुरू करने के लिए निर्धारित समय से पहले प्राप्त होंगे

इन्हें मिलाकर कांग्रेस द्वारा अब तक कुल बहत्तर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है कल जारी चौथी सूची के मुताबिक भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से गुलाब सिंह कमरो बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव समरी से चिंतामणि महाराज लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम कठघोरा से पुरुषोत्तम कंवर पाली तानाखार से मोहित केरकेट्टा तखतपुर से रश्मि सिंह बेलतरा से राजेंद्र कुमार साहू जांजगीर चांपा से मोतीलाल देवांगन पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन सरायपाली से किस्मत लाल नंद खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव महासमुंद से विनोद चंद्राकर बिलाईगढ़ से चंद्रदेव प्रसाद राय बलौदाबाजार से जनकराम वर्मा सिहावा से लक्ष्मी ध्र्व और डौंडीलोहारा सीट से अनिला रविंद्र भेंडिया को उम्मीदवार बनाया गया है चुनाव प्रचार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है इसी कड़ी में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्मृति ईरानी उमा भारती रोमकपाल यादव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जन मुंडा और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अलग अलग स्थानों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया सुश्री उमा भारती ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सभा ली वहीं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज रायपुर में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हए कहा कि विकास के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरा है केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर माओवादियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रही है उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोंडागांव और बस्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाकर बस्तर के हर क्षेत्र में विकास किया है दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का भी प्रदेश में चुनावी दौरा शुरू हो गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय कल मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे माओवादी हमला आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने बीती रात दो अलग अलग घटनाओं में जिला पंचायत सदस्य नंदलाल मुड़ामी और एक भाजपा नेता पर हमला कर दिया मिली जानकारी के मुताबिक श्री मुड़ामी अपने घर पर भोजन के लिए बैठे थे तभी अज्ञात माओवादियों ने उन पर हमला किया इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं पहले दंतेवाड़ा जिला अस्पताल और फिर रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें दिल्ली रिफर किया जा रहा है वहीं इसी जिले में गीदम बीजापुर मार्ग पर माओवादियों ने भाजपा के जिला संयोजक के वाहन पर फायरिंग की

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज सुबह रायपुर के अस्पताल में जिला पंचायत सदस्य श्री मुड़ामी और माओवादी हमले में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली इस बीच सुकमा जिले में आज एक लाख रूपए का इनामी और वारंटी माओवादी सहित बीस माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की राहत और पुनर्वास योजना के तहत सहायता राशि भी दी गई है आत्मसमर्पित इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है सतर्कता जागरूकता अभियान प्रदेश में आज सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सीके खेतान ने मंत्रालय में मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता पर आधारित सुशासन की शपथ दिलायी मंत्रालयीन कर्मियों ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देने रिश्वत न लेने और न देने पारदर्शिता जिम्मेदारी तथा निष्पक्षता पर आधारित सुशासन की शपथ ली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में आज मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई इसी तरह प्रदेश के अन्य सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के शपथ दिलाई गई उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी शुरू हो गया है यह तीन नवंबर तक चलेगा इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जवान घायल धमतरी जिले में कुरूद के पास सुरक्षा बलों के जवानों से भरी बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने उसमें सवार बाईस जवान घायल हो गए हैं इनमें से दस जवानों को गंभीर चोटे आई हैं ये सभी जवान चुनाव ड्यूटी के लिए रायपुर से कोंडागांव जा रहे थे तभी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर क्रूद के पास बस के चेचिस का पट्टी टूटने से यह घटना हुई धान खरीदी प्रदेश में आगामी एक नवंबर से सहकारी समितियों के जरिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी

राज्योत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के अट्ठारहवें स्थापना दिवस पर एक नवंबर से तीन नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा राजधानी रायपुर के पास अटल नगर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है

संक्षिप्त समाचार भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर जिले के रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पन्द्रह और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र के स्थल में परिवर्तन का अनुमोदन किया है महासमुंद जिले में तेंद्रकोना पुलिस ने दो व्यवसायियों से करीब सवा लाख रूपए के अवैध पटाखे जब्त किए हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चौदहवें ऑल इंडिया इंटर रेलवे खो खो चैंपियनशिप का आयोजन रायपुर के डब्ल्यूआर एस कॉलोनी स्थित मैदान में किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के रायपुर महानगर के स्वयं सेवकों द्वारा आज दंड संचालन समता व्यायाम योग और घोष दल का प्रदर्शन किया गया